उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के पांच साल के कार्यकाल की त्लना में एनडीए सरकार के पहले चार साल में ही कृषि क्षेत्र का बजट दोग्ना किया गया है

उन्होंने कहा कि कृषि आय बढाने के लिए सरकार की नीति में चार पहल् शामिल किए गए हैं इनमें निवेश खर्च में कटौती और आय के दूसरे साधनों और बर्बादी से पैदावर को रोकना शामिल है उन्होंने कहा कि देश में न सिर्फ खाद्यान उत्पादन में रिकॉर्ड दर्ज किया है बल्कि द्ध फल और सब्जियों की पैदावर भी हमेशा से अधिक रही है श्री मोदी ने कहा कि किसानों को बिजाई बिजाई के बाद और कटाई के समय हर कदम पर मदद मुहैया कराना सरकारी की कोशिश रहेगी उन्होंने कहा कि बीजो से सीधा बाजार तक किसानों की मदद के लिए नीतियों के व्यवधान की योजनाएं बनाई जा रही हैं श्री मोदी ने कहा कि मिट़टी के पोषक स्तर को समझने के लिए किसानों को मिट़टी स्वास्थय कार्ड मुहैया करवाए जा रहे हैं

इसके पश्चात हरियाणा के ब्द्विजीवियों के साथ आयोजित एक चर्चा में म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो भी की रही है उन्हें विभन्न माध्यमो से आम जनता तक पहुंचाने का काम ब्द्विजीवी वर्ग को करना चाहिए उन्होंने कहा कि आज जनता की धारणा है कि स्कूल या प्ल का निर्माण करना ही विकास है परन्त् सही मायनों में विकास का भाव सभी कार्यो की व्यवस्थित ढंग से करके जीवन की ग्णवता ब्द्वि करना है इस अवसर पर अमर टैक्स के प्रबंधकनिदेशक अरूण ग्रोवर ने पंजाब की औद्योगिक नीति हरियाण में लागू करने की मांग की और हरियाणा में इंस्पैक्टरी राज पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार की प्रंशसा की इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की औद्योगिक नीति को सम्बधित विभाग को पढ़ने के लिए भेजा जायेगा कर्नल गिल ने सुझाव दिया कि पंचक्ला की बंद की जा रही एचएमटी फैक्ट्री के स्थान पर चेनई ग्जरात आदि प्रदेशों की भांति डिफैंस कोरिडोर बनाया जाए

रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अनव प्रकाश द्वारा पाकिस्तान में जाते चुनाव दरिया से पानी का बांध बनाकर वो पानी हरियाणा को दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दरिया के बारे तो जानकारी थी लेकिन चनाव का पानी भी देश में रह सकता है इस बारे वो केन्द्रीय जल आयोग से कार्यवाही करने की बात रखेंगे इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के चार वर्ष प्रे होने पर जन सम्पर्क अभियान श्रू किया गया उसी कड़ी के तहत आज ब्द्विजीवी वर्ग से स्म्पर्क किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज किसानों से की बातचीत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की आये दोग्णी की जा सकती है इसके लिए सभी विभागों के संकल्प से ही इस काम को पूरा किया जा सकता है इसके लिए हरियाणा किसान प्राधिकरण बनाया गया है

इस मौके पर राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा देश व प्रदेश में विकास को गति प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाये गये इस प्ल से होडल हसनप्र चौक पर जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी यह ऊपरगामी प्ल छ मार्गीय है प्ल के नीचे एक अंडरपास बनाया गया है ताकि पैदल यात्रियों को कोई परेशानी न हो राज्यमंत्री ने कहा कि प्ल के बीचोबीच दोनो तरफ धात् की सीलिंग लगाई जायेगी ताकि द्र्घटना घटित ना हो प्ल के सौन्दर्यकरण को बढ़ाने के लिए जगह जगह पौधारोपण किया जायेगा

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वाराप्ल के दोनो तरफ ड्रेन बनाने के लिए साढ़े चार करोड़ रूपये मंजूर किये है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा है संय्क्त राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगा को विश्व स्तर पर मनाने का प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद विश्व ने मान रहा है कि शरीर और मन को स्वास्थय रखने के लिए योग जैसा कोई अभ्यास नहीं है

श्री बदनौरने आज माडल जेल चंडीगढ़ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीज़नल आऊटरीच बय्रो और सुचना ब्य्रो दवारा जेल प्रशासन के सहयोग से आयोजित योग कार्यक्रम को सम्बोधितकर रहे थे जेल बंदियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था राज्यपाल ने कैदियों दवारा अभ्यास किए जाने और कम्प्यूटर जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास व जेल सुधारों पर ख्शी और तसल्ली प्रकट की इस अवसर पर राज्यपाल वी पी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के गृह सचिव अरूण क्मार ग्प्ता आई जी जेल ओ पी मिस्रा और एआईजी जेल एस के जैन व अन्य कई अधिकारियों ने इस मौके पर कैदियों के साथ योग अभ्यास भी किया हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व सम्बधी कई कार्यक्रमों का आयोजन किय गया

विजेताओं को एसडीएम प्रशांत पवार ने प्रस्कार प्रदान किए उन्होंने य्वाओं तथा अन्य लोगों का आहवान किया कि वे स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग व व्यायाम करें सिरसा में भी योग मैराथन का आयोजन किया गया मैराथन बाल भ्वन से श्रू होकर भूमण शाह चौक लघ् सचिवालय कालोनी से प्रजापति चौक से शहीद भगत सिंह स्टेडियम में संपन्न हुई

प्रथम व दवितीय स्थान पर आये दो यूवा मोन् व अरिन्दम राणा तथा दो यूवतियों अनीता व प्रियंका को उपायुक्त ने सम्मानित किया भिवानी में भी मैराथ्न का आयोजन किया गया जिसके जरिये लोगों को संदेश दिए गए कि योग करने से शरीर निरोग रहेगा अम्बाला पुलिस लाइन मैदान में भी योग मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी छात्र खिलाड़ी कोच प्लिस जवान और बड़ी संख्या मे स्थानीय नागरिक शामिल हए नौरनौल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाई ने आंगनवाड़ी केन्द्र मे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय पर एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया

पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वी पी बदनौर इसमें म्ख्य अतिथि होंगे और केन्द्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमति स्मृति ज्बेन ईरानी ओस्ट ऑफ होनर होंगे